राज्य सरकार ने कहा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदे में पर्याप्त संसाधन और उपकरण उपलब्ध

केवल कक्षा नौ और ग्यारह की गुह परीक्षाओं को संपन्न करवाने की अनुमति

कल भााम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हई मंत्रीमण्डल की बैठक में यह फैसला लिया गया

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के अधिकार सरकार के पास होंगे सभी स्कूल कॉलेज और सिनेमाघरों को बन्द रखा जाएगा केवल मेडिकल कॉलेज खूले रहेंगे

उन्होंने कहा कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में सुजित पदों के सापेक्ष ग्यारह महीने को लिए पचास प्रतिशत तक अतिरिक्त पदों की स्वीकृति होगी

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने भविष्य में कोरोना की तीव्रता बढ़ने पर प्री फेब्रिकेटेड एक सौ बेड का हॉस्पिटल तैयार करने के साथ ही निजी भवन और चिकित्सा ईकाई भवन को जरूरत पड़ने पर अस्पताल बनाये जाने का निर्णय लिया है आपात स्थिति से निपटने के लिए एक सौ चालीस विभागीय एम्बुलेंस को एलर्ट पर रखा गया है साथ ही बसों में साफ सफाई के लिए निगम और प्राईवेट ऑपरेटर को पर्याप्त व्यवस्थाए करने को भी कहा गया है

जबकि आठवीं तक के स्कूल प्री तरह बंद कर दिए गए हैं कक्षा आठ तक के छात्र छात्राओं को पहले के मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा निजी विद्यालयों में भी सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को मौजूद रहने को कहा गया है जिनकी परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई है बोर्डिंग स्कूल पहले की तरह चलते रहेंगे लेकिन बाहर से आने वाले कर्मचारियों को सेनेटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा

पाकिस्तान के साथ लगी सीमा चौकियां भी आज आधी रात से बंद करने का फैसला किया गया है इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की आवाजाही केवल उन जांच चौकियों से ही सुनिश्चित कराना है जहां कोरोना संक्रमण के परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों

लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल न होने को कहा गया है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों से दर रहने की सलाह दी गई है लोगों को हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना आखें नाक या चेहरा नहीं छना चाहिए साबन और पानी से हाथ अच्छी तरह धोने या अल्कोहल यक्त सेनिटाइजर से साफ करने तथा खांसते और छींकते समय रूमाल या टिश्यू पेपर के उपयोग का परामर्श दिया गया है इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर बंद डस्टबिन में फेंके जाएं खांसी बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत होने पर तूरंत चिकित्सक से परामर्श लिया जाए डॉक्टर के पास जाते समय मास्क लगाया जाए या चेहरे और नाक को कपड़े से ढक कर रखा जाए

स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों की संख्या मे भी कमी दर्ज की गई है

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदे ावासियों का आहवान किया है कि सभी लोग उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बने पाईप लाइन देहरादून की विजय कॉलोनी फेज एक में पाईप लाईन बिछाने का काम आज से भाुरू हो गया है अडतीस लाख चौसठ हजार रूपये से बनने वाली इस योजना से लगभग उन्नीस सौ लोगों को लाम मिलने की उम्मीद है

इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ बने रहने की संभावना है मांग कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कल नई दिल्ली में उनतालीसवीं माल और सेवा कर परिषद की बैठक में हिस्सा लिया